देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का लगातार बढ़ रहा प्रतिशत अब तक पचहत्तर त् लाख से अधिक लोग हो चूके है स्वस्थ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

झारखंड के द्मका और बेरमो विधानसभा उप चुनाव के लिए कल सुबह सात बजे से वोट डाले जाएंगे

दस नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा बेरमो विधानसभा उपच्यनाव का मतदान कराने के लिए मतदानकर्मियों को रवाना कर दिया गया है बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर वन हायरसेकंडरी स्कूल ग्राउंड से मतदानकर्मियों को बसों के माध्यम से उनके निर्धारित मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदानकर्मियों को मतदान से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई

आज मतदानकर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया

निष्पक्ष भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में सरकार में शामिल लोग व्यवस्था का दुरूपयोग कर रहे हैं श्री मरांडी आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के एक समूह के साथ बैठक की जिसपर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर दर्ज हुए देशद्रोह के मुकदमे को उन्होंने हास्यास्पद बताया श्री मरांडी ने दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा में भाजपा की जीत का दावा किया इधर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया उन्होंने कहा कि दुमका और बेरमो में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकार की अचार संहिता का उल्लंघन नही किया है नमामि गंगे परियोजना के तहत आज रांची और साहेबगंज जिले में गंगा उत्सव कार्यक्रम की शुरूआत की गयी चार नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव के तहत रांची स्थित रूक्का डैम में आज उपायुक्त छवि रंजन समेत अन्य अधिकारियों ने साफ सफाई और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया इधर साहेबगंज जिले के शकुन्तला घाट पर उपायुक्त रामनिवास यादव समेत अन्य अधिकारियों ने घाट की साफ सफाई की और पौधारोपण किया

इस कार्यकम के तहत सिद्दो कान्हू सभागार में विभिन्न विद्यालयों के बीच निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज बरकाकाना स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और साईबर सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया

लातेहार जिले के उपायुक्त अबु इमरान ने आज जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यो की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को समय पर पोषाहार दिये जाने का निर्देश दिया इसके अलावा उन्होंने सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों को भी जल्द भरने के भी निर्देश दिये धनबाद जिले में पुलिस ने बीती रात जीटी रोड़ पर नौ अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया है ये ट्रक गिरिडीह के रास्ते बिहार और बनारस जा रहे थे जिले के पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि फर्जी चालान के सहारे इन ट्रकों का परिचालन किया जा रहा था

देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ रहा है अब तक पचहत्तर लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर इक्यानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग तिरपन हजार मरीज ठीक हए हैं इस दौरान संक्रमण के करीब पैंतालीस हजार नये मामले सामने आए हैं वर्तमान में कोविड के पांच लाख इक्सठ हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों मे कोविड से चार सौ छियानबे लोगों की मृत्यु हुई है देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपब्धि हासिल की है पिछले चौबीस घंटो में लगभग आठ लाख छप्पन हजार कोविड नमूनों की जांच के साथ कुल जांच का आंकड़ा ग्यारह करोड़ को पार कर गया है

देश में इस समय दो हजार सैंतीस कोविड जांच प्रयोगशालाएं मौजूद हैं आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नयी दिल्ली के निदेशक डॉ एनएन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र उपाय है

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली में रुमैटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर भी इस चर्चा में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री ने गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुरु रामदास जी ने हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र रिथत करमा गांव में बीती रात मां और बेटी की हत्या कर दी गई पुलिस ने आज सुबह दोनों का शव घर से कुछ दूर श्मशान घाट के पास स्थित तालाब के पास से बरामद किया गया है

पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है इधर गुमला जिले के सिसई इलाके में कपड़ा बेचने वाले दो युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है

पुलिस ने आम लोगों से आरोपियों की खोज के लिए सहयोग मांगा है सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जायेगा साथ ही सूचना देने वालों को इनाम भी मिलेगा

धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में आज सुबह हुये एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत गई

मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में छह नवम्बर से तापमान में तेजी से गिरावट आने की आशंका जताई है

श्री कोटाल ने कहा कि छह नवंबर से नये चक्रवाती प्रवाह के कारण वायुमंडल में नमी बढ़ने की संभावना है वायु प्रवाह और वातावरण में नमी के कारण तापमान में गिरावट आएगी